इस अवसर पर उन्होंनने सेना और सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित किया प्रधानमंत्री ने देश की जनता की तरफ से जवानों और उनके परिजनों को दीपावली की बधाई दी

प्रधानमंत्री ने कहा कि बांग्लादेश के मुक्ति संघर्ष के दौरान भारत ने पाकिस्तान की नापाक हरकतों का मुंहतोड जवाब दिया था श्री मोदी ने कहा कि आज भारत आतंकियों को घुस कर मारता है प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के पास ताकत भी है और सही जवाब देने की राजनीतिक इच्छाशक्ति भी है प्रधानमंत्री ने कहा कि सेना अपने पराक्रम से देश को सुरक्षित कर रही है जिससे दुनिया भर में भारत का मान सम्मान बढ रहा है श्री मोदी ने कहा कि विवादों की परवाह नहीं करते हुए उन्हें जवानों के साथ दीपावली मनाना पसंद है दीपावली सुख समृद्धि ऐश्वर्य और रौशनी का पर्व दीपावली देशभर में धार्भिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है

धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं के अनुसार दीपावली के पर्व पर धन की देवी लक्ष्मी की पूजा भी की है राज्यपाल श्रीमती आनंदी बेन पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित राज्य मंत्रिमंडल के मंत्रियों ने दीपावली के पावन पर्व पर प्रदेशवासियों को बघाई और हार्दिक श्भकामनाएँ दी हैं हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में पटाखे फोड़ने को लेकर बना संदेह भी खत्म हो गया है

अब कोरोना के रोगियों की संख्या पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या का महज पॉच दशमलव चार आठ प्रतिशत है